प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में गरीबों के बारे में बहत बातें की गई हैं लेकिन पिछले छह वर्ष में उनके लिए अभूतपूर्व काम किये गए प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी गरीब अभाव में नजर आए उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई श्री मोदी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने वाले पक्षों के सहयोग से नई शुरूआत हुई है कि स्ट्रीट वेंडर डिजिटल शॉपकीपिंग से अछ्ते न रहें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे श्री मोदी किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई गोपाला ऐप का भी उदघाटन करेंगे इस ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री बिहार में मत्स्य पालन और पश् पालन क्षेत्रों में कई नये कार्यक्रमों का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है

झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच का दायरा बढ़ने से बड़ी संख्या में नए संक्रमितों की पहचान हो रही है

कई जिलों में कोरोना के विशेष जांच अभियान चलाए जाने से बड़ी संख्या में नए संक्रमितों की पहचान हुई है

इन जिलों में कोरोना जांच के विशेष जांच अभियान चलाए गए थे

रांची में आज विशेष जांच अभियान चलाया गया है

लोहरदगा जिले में कोरोना संकमण लगातार बढ़ रहा है सिविल सर्जन विजय कुमार ने जिले में आज तेरह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की प्रष्टि की है इनमें दस पुरूष और तीन महिलायें हैं अब तक जिले में कोरोना संकमण के सात सौ अठहत्तर मामलों की पुष्टि हो चुकी है जिनमें छह सौ छत्तीस लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है इनमें आज भी दस लोगों को अस्पताल से घर भेजा गया है

स्वस्थ हुए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सलाह दी गयी है

इन दिशा निर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोट बुक पेन पेंसिल पीने के पानी की बोतलें साझा नहीं करने और असेम्बली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंद् शामिल किए गए हैं इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी और शिक्षक तथा छात्रों के बीच संवाद सुनियोजित ढंग से किया जायेगा इसी तरह स्टाफ रूम कार्यालय रिसेप्शन क्षेत्र और अन्य स्थानों पर भी सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा दिशा निर्देशों में स्कूल के बुजुर्ग और अधिक जोखिम वाले कर्मचारियों तथा गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है इन स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी

सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक डॉ बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है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

देवघर के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दो स्थानों पर छापेमारी कर ग्यारह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार सभी साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक अधिकारी बनकर आम लोगो को एटीएम और केवाईसी अपडेट करने के नाम पर उनके खाते से रुपये निकालने का काम करते थे मध्यपर के आरक्षी उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम ने मध्यपर अनुमंडल के दो स्थानों से अपराधियों को गिरफ्तार किया गिरफ्तार अपराधियों के पास से छत्तीस मोबाइल छियालीस सिमकार्ड ग्यारह बैंक पासबुक नौ एटीएम एक लैपटॉप तथा साठ हजार रूपये नगद बरामद किये है विधानसभाध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने मॉनसून सत्र के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा को लेकर पन्द्रह सितंबर को बैठक बुलाई है इस दौरान मॉनसून सत्र की तैयारियों पर चर्चा की जायेगी बैठक में मुख्य सचिव डीजीपी और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे गौरतलब है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र अठारह से बाईस सितंबर तक आयोजित किया गया है बोकारो के उपायुक्त ने सभी बैंकों को व्यापारियों और आम लोगों को ऋण मुहैया कराने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है

झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के अधिकारियों ने राज्य के गृह रक्षकों को बिहार राज्य के समतुल्य समान कार्य का समान वेतन और अन्य सुविधायें मुहैया करने की मांग मुख्यमंत्री से की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह रक्षकों की समस्याओं को जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया है यह जानकारी संघ के प्रवक्ता कृष्णानंद राय ने दी है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में वर्च्अल कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों के अडतीस अध्यापकों और प्रधानाचार्यो को सीबीएसई शिक्षक प्रस्कार प्रदान किए

ग्रमला में प्रलिस ने युवक की अपहरण कर हत्या के मामले में आज पांच लोगों को गिरफ्तार किया है पिछले पांच सितंबर की रात को सिसई थाना क्षेत्र के मकरा गांव से बुद्धेश्वर उरांव नामक युवक की हत्या कर दी गयी थी गिरफ्तार आरोपियों में मृतक के पिता सौतेली माता और सौतेला भाई सहित पांच लोग शामिल हैं

एनजीटी के आदेश पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर नक्सल प्रभावित रोरो एस्बेस्टस माइंस से प्रभावित तिलाईसूद गांव में आज जिला प्रशासन ने शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्यायें सुनीं